विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में की सुनवाई बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का किया अनुरोध और विश्व यक्ष्मा दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित जागरूकता पर जोर कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है इसमें होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है अपर सचिव ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से त्रंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है इधर गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किये

देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है झारखंड में भी कोरोना संकमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं अब हर दिन संकमितों की संख्या सौ के पार जा रही है कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है आनेवाले त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं इधर स्वास्थ्य महकमा कोरोना टीकाकरण अभियान के चौथे चरण के लिए तैयार है यह चरण एक अप्रैल से शुरू होगा इस दौरान पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके लगाये जाएंगे

लातेहार जिले में कोरोना संकमण से बचाव स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिले के उपायुक्त ने इस सिलसिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया है

श्री सेठ के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि जनवरी दो हजार इक्कीस तक झारखंड में खनिज निधि के तहत छह हजार पांच सौ तैंतीस करोड़ रूपये का संग्रह किया गया है इसमें पांच हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है और दो हजार नौ सौ तिरासी करोड़ रूपये की निधि का उपयोग हुआ है श्री सेठ ने मैक्लुस्कीगंज के विकास की भी मांग सरकार से की इस पर श्री जोशी ने कहा कि जिला खनिज निधि से यह काम हो सकता है इस निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को सक्रियता बढ़ानी होगी प्रधान न्यीयाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सर्वोच्च न्याहयालय के वरिष्ठतम न्याययाधीश एन वी रमन्ना को भारत का नया प्रधान न्या्याधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है

विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के न्यायाधीकरण में आज दसवीं अनुसूचि के तहत दल बदल मामले की सुनवाई हुई

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मामले की छह अप्रैल को सुनवाई होनी है चूंकि ये दोनो मामले एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना उचित होगा दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने इसका विरोध किया उन्होंने कहा कि यह दलील केवल सुनवाई टालने के लिए दी जा रही है विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पैंसठ घंटे की कार्यवाही चली विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान एक सौ इकतालीस निवेदन आये जिनमें से एक सौ चौंतीस स्वीकृत किये गये उन्होंने यह भी बताया कि बजट सत्र में एक हजार एक सौ इकतालीस प्रश्न सदन के समक्ष रखे गये सत्तर प्रतिशत से अधिक सवालों के जवाब ऑनलाइन दिये गये श्री महतो ने बताया कि सत्र के दौरान दो विनियोग और दस विधेयक सदन के समक्ष रखे गये इनमें एक को छोड़ सभी नौ विधेयक पारित हो गये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने राज्य का बजट भी पेश किया बजट में चार हजार से ज्यादा स्कूलों को एक्सीलेंस बनाने की बात सरकार ने कही है यह महत्वपूर्ण कार्य होगा क्योंकि यह भविष्य निर्माण से जुड़ा मसला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें पृथ्वी को स्वस्थ रहने योग्य ग्रह बनाना है इस कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार का आभार प्रकट किया यूनिटार ने भारत में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और मृत्यु दर कम होने की सराहना की है इस संस्था का कहना है कि गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए भारत के राष्ट्रीय बहआयामी कार्ययोजना से सीखने की आवश्यकता है विश्व यक्ष्मा दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यकम आयोजित किये गये रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य निदेशालय में एक कार्यशाला का आयोजन कर यक्ष्मा से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर दिया गया

उधर हजारीबाग में भी यक्ष्मा दिवस पर एक रैली निकाली गयी

इस दौरान रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया आज विश्व क्षयरोग निवारण दिवस है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षयरोग दिवस पर कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्ध है हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थानाक्षेत्र से उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग सात पेटी नकली शराब जब्त की है उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की मानें तो ये नकली शराब एक घर की टंकी में छिपाकर रखे गये थे और ग्राहकों को बीएसएफ कैंटीन की शराब बोलकर बेचा जाता था उधर लोहरदगा जिले के कैरो थानाक्षेत्र अंतर्गत हनहट लैम्पस लिमिटेड के गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है

गुमला जिले के रायडीह प्रखंड क्षेत्र के माझाटोली स्थित पर्यटन भवन को पूर्व सैनिको के वृद्दाश्रम बनाने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है इस वृद्वाश्रम का उदघाटन इकतीस मार्च को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी वानप्रस्थ आश्रम के महासचिव अनिरूद्व सिंह ने पत्रकारों को बताया कि यह आश्रम पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा वृद्धाश्रम है जो पूर्व सैनिकों के लिए समर्पित होगा संक्षिप्त खबरें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी रांची में कल से सताईस मार्च तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा आज दो दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंची इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय के जिला प्रतिनिधियों से मुलाकात की गढ़वा जिले के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के मझिगावां बस स्टैंड के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक संतुलन खोकर बाईक से गिर गया था पूर्व सांसद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामरतन राम का जन्म शताब्दी समारोह आज रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया